श्री मोदी ने मध्यप्रदेश के पन्ना सहित विभिन्न राज्यों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी सेविकाओं का मासिक मानदेय तीन हजार रुपए से बढ़ाकर चार हजार पांच सौ रुपए कर दिया गया है इसी वर्ग में बाईस सौ पचास रुपए का मासिक मानदेय प्राप्तं करने वाली सेविकाओं का मानदेय बढ़ाकर तीन हजार पांच सौ रुपए मासिक कर दिया गया है आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मासिक मानदेय भी डेढ़ हजार रुपए से बढ़ाकर दो हजार दो सौ रुपए कर दिया गया है

जिसके तहत दो सौ रूपये महीने पर बिजली दी जा रही है अब पांच एकड वाले किसानों को भी संबल योजना का लाभ दिया जायेगा श्री चौहान ने बताया कि इस बार सरकार तीन हजार चार सौ रूपये प्रतिक्विंटल की दर से सोयाबीन की खरीदी करेगी पूर्व विधायक गिरफ्तारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा से पहले आज बैतूल जिले के मुलताई में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और पूर्व विधायक सुखदेव पांसे सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया पुलिस ने बताया कि श्री पांसे के नेतृत्व में ये लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए सभा स्थल की ओर आ रहे थे श्री पांसे ने कहा कि उन्होंने जनता के साथ जाकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की अनुमति मांगी थी लेकिन उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया गया

रेरा कार्यशाला केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में रिएल एस्टेट रेगुलेशन एंड डवलपमेंट एक्ट रेरा के तहत किए गए कार्यो की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश के अन्य राज्यों को भी इनका अनुसरण करना चाहिये श्री पुरी कल पुणे में आयोजित रेरा से संबन्धित पहली क्षेत्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे कार्यशाला में मध्यप्रदेश महाराष्ट्र गुजरात तथा राजस्थान और दो केन्द्र शासित राज्यों के रेरा प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण के चेयरमेन सदस्य तथा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया इस दौरान मध्यप्रदेश रेरा प्राधिकरण के चेयरमेन एन्टोनी डिसा ने मध्यप्रदेश में कराये गये कार्यो के बारे में विस्तार से जानकारी दी उन्होंने कहा कि रेरा अधिनियम निर्माणकर्ता आवंटी एजेन्ट सभी के लिये लाभकारी है उन्होंने कहा कि रेरा के आदेशों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए